इस अवसर पर प्रदेश भाजपा द्वारा राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में अभिनंदन व पदभार समारोह आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल और सतपाल सत्ती सहित पार्टी के अन्य पर्दाधिकारी भी मौजूद रहे समारोह को सम्बोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नवनियक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के नेतत्व में राज्य में नई उंचाईयां हासिल करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरेश कश्यप एक शिक्षित साधारण और ईमानदार नेता हैं जो प्रदेश के विकास और पार्टी की मजबती के लिए प्रतिबद्ध है

इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय गृहमंत्री अभित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा का आभार जताया उन्होंने कहा कि केन्द्रीय नेतृत्व व राज्य के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वे दृढ़ संकल्प से कार्य करेंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार के साथ और अधिक तालमेल के साथ कार्य करेंगी

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कृतसंकल्प है वे आज सोलन में जिला कल्याण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे सैजल ने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का नियमित सहयोग आवश्यक है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण धीमी पड़ी विकास की गति में केन्द्र व प्रदेश सरकार के जन हितैषी फैसलों और आम लोगों के सहयोग से धीरे धीरे तेजी आ रही है

विक मादित्य शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कांट्रेक्ट पर कार्यरत चिकित्सको की ग्रेड पे में की गई कटौती के लिए प्रदेश सरकार की आलोचना की है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चिकित्सकों के वेतन में कटौती से सभी चिकित्सकों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ सकता है उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से चिकित्सकों को प्रोत्साहित करने के लिए इनके ग्रेड पे की पुर्नबहाली की मांग की है कोचिंग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत कांगड़ा जिला प्रशासन द्वारा आईआईटी जेईई और नीट की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेघावी छात्राओं को दो वर्ष की निशल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी

उन्होंने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत जिजिविषा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और इसी के अंतर्गत निशुल्क कोचिंग का प्रावधान किया गया है पौधरोपण भारत सरकार के खेल मंत्रालय और नेहरू युवा केन्द्र द्वारा जुलाई और अगस्त माह के दौरान क्लीन विलेज ग्रीन विलेज कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसके तहत कुल्लू जिला के शिरड़ गांव में आज युवाओं ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया इस दौरान नेहरू युवा केन्द्र की कुल्लू जिला युवा समन्वयक सोनिका चन्द्रा की अध्यक्षता में आत्मनिर्भर भारत के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये परीक्षाए स्थगित की गई हैं और इन परीक्षाओं की आगामी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी